केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वीकेसिंह ने कहा पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ा अलग थलग नागरिक सेवाओं के वितरण के लिए एकीकृत पोर्टल ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का शिमला में शुभारंभ

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नौ फरवरी को बजट सदन में पेश किया था इसमें कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है

इससे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने विपक्ष के सदस्यों द्वारा विभिन्न विभागों की मागों को लाए गए कटौती प्रस्तावों को गलोटिन लागू कर निरस्त कर दिया और बजट अनुदानों को बिना चर्चा के स्वीकार करने के लिए सदन की मंजूरी के लिए रखा जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया विधानसभा स्थगित प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया

सत्र के दौरान सदन में छह विधेयक पारित किए गए

बिंदल ने बताया कि बजट सत्र मे छह गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत हुए इस दौरान छह विधेयक सदन में पारित किए गए

उन्होंने कहा कि बजट सत्र बेशक छोटा रहा लेकिन इस दौरान सदन में महत्वपूर्ण विधायी कार्य निपटाया गया

सत्र की समाप्ति पर सदन के नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने विपक्ष व सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों और विधानसभा अध्यक्ष का सत्र चलाने में रचनात्मक सहयोग देने के लिए आभार जताया विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्ष के रूप में हमने यह साबित कर दिया है कि हम विधानसभा के अंदर कामकाज में विश्वास रखते हैं प्रश्नकाल मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पटवारी आपदा राहत को लेकर कोई गलत रिपोर्ट न दे विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक रामलाल ठाकर के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यदि कोई पटवारी गलत रिपोर्ट देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बरसात वं प्राकृतिक आपदा प्रभावितों को समय रहते राहत प्रदान करने का प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यों में पटवारी की रिपोर्ट भी महत्वपूर्ण रहती है जयराम ठाक्र ने कहा कि राहत प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द लोगों को राहत मिल सके आऊटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार विभिन्न विभागों बोर्डो निगमों और अन्य उपक्रमों में कंपनियों के माध्यम से तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण नहीं होने देगी उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी आउटसोर्स कर्मी विभिन्न कंपनियों के माध्यम से नियुक्त हैं उनका शोषण हो

विधायक राकेश जम्वाल के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा कि सुन्दरनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत डैहर लोक निर्माण विश्राम गृह को जल्द बना कर तैयार करेंगे

इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी प्रभावितों को समय पर मदद प्रदान करना चाहती है लेकिन कई बार इसमें निश्चित प्रक्रिया के अपनाए जाने पर देरी हो सकती है सरकार राहत मैनुवल में संशोधन करने के सुझाव पर भी विचार करेगी ताकि प्रभावितों को जायज मदद मिल सके विधायक आशा कमारी के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने कहा है कि विधायक प्राथमिकता के तहत किए जा रहे कार्यो का जल्द निपटारा किया जाएगा

विधायक प्रकाश राणा के सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि बिजली प्रोजैक्टों के निर्माण में गति देने का प्रयास किया जा रहा है उन्होंने कहा कि बिजली प्रोजैक्टों के निर्माण में हो रही देरी से सरकार चिंतित है

कटौती प्रस्ताव प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों में छात्रों का नामांकन बढ़ाने पर जोर दे रही है शिमला में विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन आज शिक्षा विभाग को लेकर लाए गए कटौती प्रस्ताव के जवाब में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने ये बात कही

उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के बावजूद भी अभिभावक निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं

वीकेसिंह केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ गया है

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत हाल ही में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले के प्रतिशोध में समय और स्थान का चयन करेगा क्योंकि इसकी योजना ठीक से बनाई जाएगी तथा इस पर अच्छे से विचार किया जाएगा

उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के घोषणा पत्र में कुछ महत्वपूर्ण विचार शामिल किए जाएंगे बाईट वीकेसिंह मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नागरिक सेवाओं के वितरण के लिए एकीकृत पोर्टल ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का आज शिमला में शुभारंभ किया इन सेवाओं में बिजली पानी के बिल और सम्पत्ति कर का भुगतान पानी व सीवरेज कनेक्शन के लिए आवेदन बिजली के लिए एनओसी लेने और मलबे की डम्पिंग की अनुमति के लिए आवेदन सेवाएं शामिल हैं

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने डिजि लॉकर के माध्यम से राशन कार्ड और परिवार नकल रजिस्टर संबंधी दस्तावेजों की उपलब्धता का भी शुभारंभ किया इस बीच मुख्यमंत्री ने शिमला स्थित विधानसभा परिसर से इलेक्ट्रिक बस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

उन्होंने कहा कि शहीद तिलकराज देश सेवा में समर्पित ही नहीं था बल्कि गददी समुदाय की संस्कृति से जुड़े कई गीतों को अपनी आवाज देकर नई पहचान दिलाई है बैठक जनजातीय उप योजना सलाहकार समिति की बैठक चंबा जिला के किलाड़ में आज विधायक जियालाल कप्र की अध्यक्षता में हुई

बाद में जियालाल कपूर ने सिविल अस्पताल किलाड़ का निरीक्षण किया उन्होंने अस्पताल में दाखिल चार गंभीर मरीजों को घाटी से बाहर कुल्लू व चंबा भेजने के लिए सरकार से हैलीकॉप्टर उड़ान का आग्रह किया है इस बीच पांगी के मूर्छ गांव में सात फरवरी को आए हिमखंड का जायजा लेने गए पटवारी कानूनगो सात दिन बाद वापिस किलाड़ मुख्यालय पहुंचे हैं उन्होंने बताया कि गलेशियर आने से तीन परिवारों के मकान पूरी तरह नष्ट हो गए हैं जबकि बाकि घरों को आंशिक क्षति हुई है

कांग्रेस चंबा चंबा जिले में बर्फबारी के बाद जनजीवन पटरी पर न लौटने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है चंबा में एक पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेन्द्र भारद्वाज सचिव अमित भरमौरी और जिला अध्यक्ष नीरज नैयर ने ये आरोप लगाए भरमौरी ने कहा कि हिमपात से बंद सड़कों व बिजली सहित पानी की व्यवस्था को बहाल नहीं किया जा सका है उन्होंने कहा कि पांगी घाटी को जोड़ने वाले सभी मार्ग बंद हैं और लोग वहां फंसे हुए हैं उन्होंने सरकार से पांगी घाटी के लिए जल्द हवाई उड़ानें कराने की मांग की है

ये उड़ाने मौसम पर निर्भर होगी